जांजगीर चांपा जिले में आज से तीन दिवसीय रामनामी भजन मेला शुरू

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दवीट कर बताया कि इस कोष से देशभर के सभी पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा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 राज्योत्सव राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया जा रहा राज्योत्सव अब तीन नवंबर के बजाए पांच नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राज्य निर्माण का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब समाज के आखिरी व्यक्ति को विकास का लाम मिले और उनके जीवन में सकारात्मक सुधार आए राज्यपाल ने माओवाद को खत्म करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हए कहा कि छत्तीसगढ को माओवादी हिंसा से जल्द ही मुक्ति मिलेगी और यहां तेजी से विकास होगा राज्योत्सव में आज तीसरे दिन कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास मंहत करेंगे इस अवसर पर आठ नागरिकों और संस्थाओं को राज्य अलंकरण प्रदान किए जाएंगे छत्तीसगढ़ शौर्य पदक माओवाद विरोधी अभियान के तहत शौर्य और बहादुरी का परिचय देने वाले चार पुलिसकर्भियों और शहीदों के परिजनों को आज राज्योत्सव में छत्तीसगढ शौर्य पदक से सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों जिन पुलिसकर्मियों का सम्मान होगा उनमें राजनांदगांव के शहीद उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा और शहीद आरक्षक कृषलाल साहू शामिल हैं वहीं दंतेवाड़ा के सहायक उप निरीक्षक सरेश कश्यप और प्रधान आरक्षक ताती मुकेश को शौर्य पदक से सम्मानित किया जाएगा महिला आयोग सदस्य दौरा राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कमलेश गौतम ने कहा है कि पीड़ित महिलाओं को पुलिस कानूनी सहायता तत्काल उपलब्ध कराएं उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भी महिलाओं तक पहंचाने के निर्देश दिए श्रीमती गोतम इन दिनों छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है इस दौरान उन्होंने महासमुंद जिले में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की श्रीमर्ती गौतम ने ग्राम बेंलसोंडा के आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रधानमंत्री मातु योजना के हितग्राहियों से भी मुलाकात की उन्होंने महासमुद स्थित सखी वन स्टाप सेंटर का निरीक्षण किया और महिलाओं से चर्चा की श्रीमती गौतम ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धआश्रम की व्यवस्था सुधारने के लिए कहा

मिली जानकारी के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की टीम सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान सिकसोड़ थाना क्षेत्र के एटेबालका कैम्प के पास पांच किलो का कुकर बम बरामद किया गया यह बम माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया था बाद में सुरक्षा बलों ने इस बम को निष्क्रिय कर दिया

यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में दी श्री पुनिया ने कहा कि पहले विकासखंड और जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा इसके बाद पंद्रह नवंबर को नई दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा उन्होंने कहा कि पांच नवंबर से प्रदेशभर के गांवों में किसानों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा इकट्ठा किए गए इन पत्रों को प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली लेकर जाएंगे वहां पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मांग को लेकर पंद्रह नवंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा इसके पहले श्री पुनिया ने राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए

इस मेले में आसपास के ग्रामीण बडी संख्या में शामिल हो रहे हैं

साइकिल पोलो टेबल टेनिस बारहवीं राज्य साइकिल पोलो प्रतियोगिता में दूर्ग की टीम ने तीनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है बिलासपुर के जयराम नगर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सब जूनियर बालक जूनियर वर्ग बालक और जूनियर वर्ग बालिका में दुर्ग की टीम ने रायगढ़ की टीम को पराजित किया वहीं भिलाई में आयोजित सत्रहवीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के सीनियर महिला वर्ग में सुरभि मोदी ने प्रियंका सिंह को चार शून्य और पुरूष वर्ग में सागर घाटगे ने राजीव साहू को चार शून्य से पराजित किया

जगदलपुर के प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में बारह जोन के करीब चौदह सौ खिलाड़ी शामिल हुए स्पर्धा में डॉजबाल नेटबॉल और एथलेटिक्स के मुकाबले हुए समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिर्थि रेखचेंद जैन ने विजेता खिलाड़ियों को बारह बारह हजार रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान कोँ